सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को भी मिलेगा सातवां वेतनमान

समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीके की बर्बादी एक प्रतिशत से भी कम रखी जाए और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाए बैठक में कोविड टीकाकरण पर उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर एस शर्मा ने कहा कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें

मंत्रि परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एएचपी घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया

अपर सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा ने बताया है कि इन अधिकारियों को वेतन एवं भत्ते निरीक्षक के पद अनुसार ही प्राप्त होंगे लेकिन वे उप पुलिस अधीक्षक की वर्दी पहन सकेंगे बिजली बिल प्रदेश में आज से बिजली बिल ऑनलाइन जमा होंगे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आज एक अप्रैल से कंपनी के कैश काउंटर बंद कर दिये गए हैं अब उपभोक्ता एमपीऑनलाइन कॉमन सर्विस सेन्टर एटीपी मशीन एवं पीओएस मशीन के द्वारा नकद भुगतान कर सकते हैं

किसान मुआवजा राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि आग या प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसान बिल्कुल भी चिंता न करें क्षतिग्रस्त फसल के एक एक दाने की भरपाई सरकार करेगी उन्होंने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी को दिए हैं श्री राजपूत रायसेन के बाड़ी बरेली एवं जैसीनगर सागर के ग्रामों में विगत दिनों खड़ी फसलों में आग लग जाने से पीड़ित किसानों से मिले और बताया कि अब किसानों को आगजनी की घटनाओं पर भटकना नहीं पड़ेगा घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके का मुआयना करके प्रकरण बनाएंगे जिस पर तुरंत मुआवजे का भुगतान किया जायेगा